शिमला में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू में सीमित क्षेत्रों में ही ढील दी जाएगी

मुख्यमंत्री कांफ्रेंस इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश के सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में कार्य स्थल पर काम कर रहे कामगारों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहनों को सैनिटाइज व चालक व परिचालक की चिकित्सा जांच की जानी चाहिए उन्होंने अधिकारियों को जमाखोरी व मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करने के निर्देश भी दिए

ये सेवाएं राज्यभर में मुफ्त ऑनलाइन शुरू की गई हैं

कोरोना अपडेट प्रदेश में बीते कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादलों के बीच ध्रप खिली हुई है हालांकि राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल हल्की बर्फबारी व शाम के समय प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि हुई इस ओलावृष्टि से किसानों व बागबानों की फसलों को नुकसान हुआ है मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण का कहना है जहां हैं वहीं रहें सरकार नहीं लाएगी कहा दूसरे राज्यों में फंसे लोग संयम रखें दिव्य हिमाचल ने लिखा है कर्फ्यू नहीं हटेगा दफ्तरों में स्टाफ बुलाने का फैसला टला दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक हिमाचल में बदस्तूर जारी रहेगा कर्फ्यू दफ्तरों को लेकर दस दिन बाद फैसला हिमाचल में आज से खुलेंगे दो हजार उद्योग लाखों मनरेगा मजदूरों को मिलेगा काम शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है सभी जिलों में कामगारों के पास बनाने को लगीं लाईनें

अमर उजाला की एक खबर है धरने पर बैठे विधायक सिंघा नेता प्रतिपक्ष का मिला साथ मौसम पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है प्रदेश में बारिश के साथ गिरे ओले सेब की फसल को भारी नुकसान